प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा स्वच्छ भारत मिशन से लोगों में आया है बदलाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति है संवेदनशील

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सुबह दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर सर्वघर्म प्रार्थना समा का आयोजन किया गया अगले वर्ष महात्मा गांधी की एक सौ पवासवीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले समारोहों का श्मारंभ कल से शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि गांधी जी का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा और वे मार्गदर्शक बने रहेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि बापू के सपनों को साकार करने का यह महान अवसर है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने भी राजघाट जाकर गांधी जी को प्यांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर श्रद्दासुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज नई दिल्ली में पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पुरस्कार चौंपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाएगा श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो को यह पुरस्कार सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नेतृत्व के लिए दिया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ विश्व के लिए चार मंत्र दिये हैं कल नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए फोर पी आकश्यक है और ये चार पी का हमारा मंत्र हैपोलिटिकल लीडरशिप पब्लिक फंडिंग पार्टनरशिप पीपुल्स पार्टिसिपेशन दिल्ली डेक्लरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन चार महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है इसके लिए मैं आप समी का आमार व्यक्त करता हूं श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है स्वच्छ भारत अभियान के भारत के लोगों का मिजाज बदल दिया किस तरह से भारत के गांवों में बीमारियां कम हई हैए ईलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है और जब ऐसी खबर मिलती हैए तो कितना संतोष मिलता है करोड़ो भारतवासियों ने इस आंदोलन को आशा और परिवर्तन का प्रतीक बना दिया स्वच्छ भारत अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनोज इफैक्ट सिद्ध हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता जहां दो हजार चौदह में अड़तीस प्रतिशत थी वह अब बढ़कर चौरान्नबे प्रतिशत हो गयी है पांच लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को एक सच्ची श्रद्वांजलि होगी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल नई दिल्ली में मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया श्री राठौड़ ने महात्मा गांधी को विश्व नागरिक की संज्ञा दी और कहा कि उनके विचार जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणादायक हैं हमारे भारत के एक व्यक्ति एक ग्लोबर सिटिजन है यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है उन्होंने जो सच्छता के बारे में बात करी और जिस तरह से अपनी जीवन उन्होंने स्वच्छता के लिए जिया वो भारत की आजादी के सत्तर साल बाद एक सरकार उसको एक अभियान के रूप में चला रही है वो भी अपने आप में एक बहत बड़ी चुनौती है

कल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती थी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजयाद पर श्रद्वासमन अर्पित की श्री मोदी ने श्रद्वांजलि अर्पित करते हए कहा कि शास्त्री जी सौम्य व्यक्तित्व क्शल नेतृत्व और साहस के प्रतीक थे उनके नेतृत्व में उन्नीस सौ पैसठ में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्व जीता था उन्होंने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने लखनऊ में शास्त्री जी को श्रद्वांजलि अर्पित कस्ते हए कहा कि वे घस्ती के लाल थे और सरल जीवन तथा ऊंची सोच में विश्वास रखते थे लाल बहादुर शास्त्री के पैतक निवास वारणसी के रामनगर में उनकी जयंती पर प्रभात फेरियां और भजन संध्या सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती कल प्रदेश में धूमधाम से मनाई गयी इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मात्यार्पण किया राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं गांधी जी के सत्य अहिंसा और विश्व बंद्वत्व के रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांवी जी के विचारों से पूरी द्निया में शांति और सदमाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है सत्य और अहिंसा के माध्यम से उनके नेतृत्व में चला भारतीय स्वाधीनता आंदोलन विश्व के इतिहास में विलक्षण है मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के जीवन का प्रत्येक क्षण देश और मानव सेवा में व्यतीत हुआ राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम में चरखा कातकर राष्ट्रपिता को याद किया मुख्यमंत्री ने कहा कि चरखे खादी और स्वदेशी के माध्यम से गांवीजी ने स्वावलंबन और श्रम की गरिमा को स्थापित किया राष्ट्रपिता महात्मा गांवी की जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा कल लखनऊ स्थित अक्य शिल्पग्राम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस अक्सर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट शिल्पकारों को अंग वस्त्र और ट्ल किट वितरित किये स्वच्छ भारत अभियान में अनुकरणीय योगदान करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के पछत्तर व्यक्तियों को एवं पन्द्रह स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया कार्यक्रम में आय्णान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लामार्थियों को गोल्ड कार्ड प्रदान किये गये कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तीस लामार्थियों को खादी से सम्बन्धित सोलर चर्खे वितरित किये गये तथा खेल विमाग द्वारा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के बासठ पदक विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया राज्यपाल ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांवी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को उनकी जयती पर श्रद्वांजलि अर्पित करते हए कहा कि गांधी जी के अनुरूप देश का विकास हो यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्वांजलि होगी श्री नाईक ने कहा कि महात्मा गांधी भारत के लिए वरदान थे जिन्होंने विश्व को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से कैसे आजादी प्राप्त की जा सकती है उन्होंने पूर्व प्रघानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति बताया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांवी की एक सौ पचासवी जयंती पर केन्द्र और राज्य सरकार दो वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू की स्वदेशी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है

कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाये गये वित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया